यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा द्रदर्शन के यू ट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित होगा

मख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले के दौरे के दूसरे दिन आज सराज विधानसभा क्षेत्र में सरोआ लटोगली उठाऊ पेयजल योजना की आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे बाद में मुख्यमंत्री का धर्मशाला जाने का कार्यक्रम है

इसके अलावा मुख्यमंत्री का शाहपुर के चम्बी में आयोजित होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम भी है

इसके अलावा उन्होंने शम्भूवालां में उठाऊ सिंचाई योजना की आधारशिला भी रखी

इस अवसर पर सांसद वीरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे

उपायुक्त ललित जैन ने आज एक समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग को सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को स्कूलों में दी जा रही छात्रवृतियों को पाठशाला के प्रमुख बोर्ड पर डिस्पले करने के निर्देश दिए अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश सरकार द्वारा लिये जा रहे कर्ज व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आय से अधिक सम्पत्ति मामले से जुड़ी खबर को आज अधिकतर समाचारपत्रों ने प्रमुखता दी है

आपका फैसला का शीर्षक है आय से अधिक सम्पत्ति मामला वीरभद्र और प्रतिभा सहित सात पर आरोप तय आयकर रिटर्न को किया गया था संशोधित अजीत समाचार के शब्द हैं वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रक आरोप पत्र दायर

मुख्यमंत्री जयराम ठाक़्र के बयान पर अमर उजाला का शीर्षक है ऐतिहासिक मंडी शहर का नाम होगा मांडव्य जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं मंडी का नाम बदलने पर विचार कर रही सरकार बांड तोड़कर गए डॉक्टरों पर कोर्ट जाएगी सरकार शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है स्वास्थ्य विभाग को सिविल सूट करने की इजाजत दी सरकार ने

दैनिक जागरण लिखता है हिमखंड से रुका चिनाब का बहाव लाहुल में हिमखंड गिरने से पांच वाहन दबे गोंपा की छत उड़ी जबकि आपका फैसला की सुर्खी है लाहुल के रतोली में हिमखंड गिरा कारगा में दबा भवन अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय आपदाओं में मानवीय संघर्ष में लिखा है कि मौसम के तांडव में फंसे फौजियों के बचाव में कहीं न कहीं असमर्थता जाहिर हुई है तो इस तरह के भीषण परिस्थितियों के प्रति सचेत होने की भी जरूरत है